मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा

केन्द्र सरकार ने नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर सिंगापुर की अनावश्यक यात्रा नहीं करने का परामर्श दिया है परामर्श में कहा गया है कि काउमांड इंडोनेशिया वियतनाम और मलेशिया से विमान से भारत आ रहे यात्रियों की कल से हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की जायेगी कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया इस बैठक में नोवेल कोरोनावायरस के प्रबन्धन के बारे में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की तैयारियों तथा उठाये गये कदमों की भी समीक्षा की गई बाड़मेर में एक युवक से बर्बरता करने के मामले में प्रारम्भिक जांच में तीन प्रलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर उन्हें निलम्बित कर दिया है वहीं पुलिस ने पीड़ित युवक का पता लगाकर उसका मेड़िकल करवाया और जांच अधिकारी के बयान दर्ज कर वीडियोग्राफी करवाई इस बीच पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार विपिन कुमार पाण्डे और जोधपुर रेंज की आइजी नवज्योति गोगोई बाड़मेर पहुंचे और मामले की जानकारी ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अजमेर आएंगे उनका किशनगढ हवाई अड्डे से पुष्कर तक भव्य स्वागत किया जाएगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कल अंजमेर में पत्रकारों को बताया कि श्री नड्डा पुष्कर में निजी समारोह में शामिल होने आ रहे है उन्होंने बताया कि उन्हें किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुष्कर ले जाया जाएगा रास्ते में विभिन्न स्थानों पर भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आवासन मण्डल के अधिकारियों से कहा कि वे आम जनता को सस्ते मकान उपलब्ध कराने की सोच के साथ काम करें श्री गहलोत कल जयपुर में राजस्थान आवासन मण्डल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासन मण्डल मकान खरीदने वालों को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए बैंकों से गठजोड़ कर सकता है श्री गहलोत ने इस मौके पर मण्डल के संस्थापक अध्यक्ष और स्वतन्त्रता सेनानी द्वारकादास प्रोहित की प्रतिमा का अनावरण भी किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर जिले के के गांव मुकाम जाएंगे मुख्यमंत्री वहां अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में शामिल होंगे

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में यातायात और सुरक्षा द्रस्त रखी जाए

टैक्सबार एसोशिएशन की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में पहले दिन कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने भाग लिया

कार्यक्रम में देश में कर सम्बन्धित जिन कानूनों में बदलाव हुआ है उनके बारे में विश्लेषण कर केन्द्र सरकार को सुझाव दिए जाएंगे

दीया कुमारी ने कल जयपूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रणथम्भौर में बाघों के गायब होने का मामला बेहद गंभीर है सरकार को इसमें कार्यवाही कर जो भी दोषी हो उन्हें सख्त सजा दिलवानी चाहिए उन्होंने हाल ही में रणथम्मौर में हिरण के शिकार का मामला उठाते हुए वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जाने की मांग की